संसदीय चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार अभियान में सिर्फ़ एक दिन शेष रह गया है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रदेश के एटा तथा बरेली में चुनावी सभाओं को संबोधित किया एटा में पार्टी प्रत्याशी राजवीर सिंह के समर्थन में च्रनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज को तोड़ने वाली इन शक्तियों से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है

विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन इस बात का प्रमाण है बाइट लोहिया जी के नाम पर राजनीति करते हैं उन्होंने गरीबों के घर बनाने की चिंता नहीं की योगी जी की अगुवाई में अब यहां घर बनाने की गति तेज हुई है घर भी ऐसे जिसमें बिजली कनेक्शन है दूधिया बल्ब है उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है शौचालय है

उधर बरेली में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि दो चरणों में सम्पन्न च्रनाव के बाद विपक्षी दलों को अपनी पराजय का अहसास होने लगा है उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना और हम पर तरह तरह के आक्षेप इसी हताशा का प्रमाण है श्री मोदी ने कांग्रेस और गठबंधन पर प्रहार करते कहा कि यह वंशवादी और अवसरवादी ताकतें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिये राजनीति करती है उन्हें शोषितों वंचितो और पिछड़े वर्गो के बुनियादी मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है जबकि पिछले पांच वर्षो के दौरान एनडीए सरकार ने इन वर्गो के कल्याण क लिये न सिर्फ प्रभावी कदम उठाये हैं बल्कि अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें लाभ पहुंचाया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि चुनाव में उनकी पार्टी का बहुमत में आना तय है मुरादाबाद में एक जनसभा में गठबंधन पर प्रहार करते हुए श्री योगी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिये महापुरूषों को भी जातियों में बांटा जा रहा है

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में किस किस प्रकार की अपमान जनक टिप्पणी करते थे आज मायावती जी उनके समर्थन मांगने के लिये वोट मांगने के लिये जा रही है आप देख सकते है कि राजनीति किस हद पर जा करके भारत के महापुरूषों का अपमान कर रही है वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि एनडीए सरकार की गलत नीतियों से आम लोगों को नुकसान हुआ है और वह अपने संकल्पों को पूरा करने में विफल साबित हुई है

भाजपा और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों की सरकारों के कार्यकाल में दलितों पिछड़े वर्गो और धार्मिक अल्पसंख्यकों अपेक्षित विकास नहीं हो सका है बाइट केन्द्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी खास कर जातिवादी हीन व सम्प्रदायिक सोच के चलते हुए यह देश के दलितो आदिवासियों पिछड़े वर्गो मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की आर्थिक नीतियों से व्यापारी वर्ग भी संकट से जूझ रहा है बाइट आज हालत ऐसे पैदा कर दिये हैं जो संकट देश के सामने आया जो आर्थिक नीतियां ऐसे आई है अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो हमारे तमाम छोटे दुकानदार है छोटे व्यापारी है जो किराना बाजार लगाते है हो सकता है उनकी दुकाने भी बंद हो जाये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है उसमें बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये और हमारे छोट दुकानदारों को बर्बाद करने के लिये हैं तेरह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की एक सौ सोलह सीटों पर तेईस अप्रैल को मतदान होगा तीसरे चरण में प्रदेश क जिन दस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे वह हैं मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू आंवला बरेली और पीलीभीत पिछले लोकसभा चुनाव में इन दस सीटों में से आठ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी जबकि फिरोजाबाद और बदायू में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी से देश की व्यापार प्रणाली में पारदर्शिता आयी है श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी से राज्यों के राजस्व में डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी हुई है

उन्होंने कहा कि जीएसटो लागू होने के बाद पंजीकृत व्यापारियों की संख्या दोगुनी हो गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच वर्षो के दौरान पूरी निष्ठा से व्यापारी वर्ग के जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और नोटबंदी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं तथा अगले पांच वर्षो में आम लोगों के सपनों को साकार करने के लिये और कठिन परिश्रम करेगी उन्होंने विपक्ष पर लोगों से झूठे वादे करने और साम्प्रदायिक एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया श्री मोदी ने कहा कि काग्रेस क नेता अदालत से दोषी ठहराये गये लोगों से मिल रहे हैं लेकिन वे अलगाववादियों से कड़ाई से निपटना जारी रखेंगे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

बस्ती जिले में मखौड़ा धाम से अयोध्या की विश्व प्रसिद्ध चौरासी कोसी परिक्रमा आज से शुरू हो गई है दो हजार से अधिक साधु संत और श्रद्धालु पवित्र मनोरमा नदी में स्नान करने और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के बाद चौरासी कोसी परिक्रमा क लिये अयोध्या के लिये निकल पड़े हैं आज रात यह सभी श्रद्धालु छावनी स्थित राम रेखा मंदिर में विश्राम करेंगे और कल सुबह हनुमान बाग चकोही के लिये रवाना होंगे

विभिन्न स्थानों से होते हुए यह सभी ग्यारह मई को पुनः मखौड़ा धाम वापस आयेंगे